आयोग बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने आज भोपाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की इस मुलाकात के दौरान चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी मौजूद थे गौरतलब है कि चुनाव आयोग का यह उच्च स्तरीय दल दो दिन की मध्यप्रदेश यात्रा पर हैं इस यात्रा के दौरान आयोग राजनैतिक दलों के अलावा कानून व्यवस्था तथा प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने से संबंधित सभी विभागों के प्रमुखो से विचार विमर्श करेगा पहले चरण में चुनाव आयोग से भाजपा और कांग्रेस सहित सात प्रमुख राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मिले इनमें कांग्रेस पार्टी के सुरेश पचौरी जेपी धनौपिया भारतीय जनता पार्टी के उमाशंकर गुप्ता विश्वास सारंग भाकपा के शैलेन्द्र सिंह शैली और आप पार्टी के आलोक अग्रवाल ने अपनी विभिन्न मांगों समस्याओं और सुझाव से संबंधित ज्ञापन श्री रावत को सौंपे आयोग ने सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को अलग अलग समय देकर बात की कांग्रेस सहित अन्य दलों ने चुनाव आयुक्त के सामने मतदाता सूची में गड़बड़ियों एक ही नाम वाले मतदाता जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी धन और मशीनरी का उपयोग और सरकारी अफसरों द्वारा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करने जैसे मुद्दों पर शिकायत दर्ज की वहीं भाजपा ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने की अपील की इसके बाद श्री रावत ने कानून व्यवस्था को लेकर संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक भी की विभिन्न विभागों के साथ चुनाव आयोग की बैठक का सिलसिला कल भी जारी रहेगा

तीन सौ बासठ किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए जहाजरानी मंत्रालय के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट रेल मंत्रालय और मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने हस्ताक्षर किए

परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे अपने किस्मो की पहली परियोजना बताते हुए कहा कि इससे न केवल मुंबई और इंदौर के बीच दूरी कम होगी बल्कि रेल लाइन के आस पास के जनजातीय इलाकों में विकास को भी बढ़ावा मिलेगा रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद थे

आज भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुये श्री कमलनाथ ने कहा कि अगर हम सत्ता में आये तो सबसे पहले भाजपा सरकार में हुये ई टेंडरिंग घोटाले और सभी स्तर पर हुये भ्रष्टाचार की जांच करवायेंगे उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र नहीं बल्कि वचनपत्र जारी करेगी वचनपत्र में महिला सुरक्षा और कर्मचारियों से जुड़ी आकर्षक योजनायें भी शामिल की जायेंगी चुनाव से दो महीने पहले पचास फीसदी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जायेगी

महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया वहीं पुरूष स्पर्धा के फाइनल का फैसला शूटआउट में हुआ एशियार्ड खेलों में महिला टीम ने पहली बार रजत पदक जीता पीवी सिंधु ने भी बैडभिंटन महिला एकल का रजत पदक जीता है खिताबी मुकाबले में उन्हें चीनी ताइपे की ताई जू युंग ने हराया हॉकी में भारतीय पुरूष टीम पूल ए में श्रीलंका को हराया इसके साथ ही उसने सैमीफाइनल में प्रवेश कर लिया भारतीय टीम की यह लगातार पांचवी जीत है तीरांदाजी टीम के जीतने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने टवीट कर बधाई दी स्पर्धा में भारत ने अब तक आठ स्वर्ण सोलह रजत और इक्कीस कांस्य पदक जीते हैं मुख्यमंत्री बैठक भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है

बैठक में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में चल रहे जन कल्याण के कार्यों की समीक्षा के अलावा आगामी लोकसभा चूनावों और तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चूनावों के मद्देनजर आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्रियों की बैठक में सुशासन और गरीबों के हित की नीतियों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह वित्तमंत्री अरूण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद हैं

मध्यप्रदेश स्टेट हॉस्पिटेलिटी दूर एण्ड ट्रेवल स्टडी भोपाल पर्यटन भवन भोपाल में यह पाठ्यक्रम इस वर्ष से ही प्रारंभ हो गया हैं

बीबीए पाठ्यक्रम टूरिज्म और हॉस्पिटेलिटी में विशेषज्ञता पाठ्यक्रम निर्धारण के लिये केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक की अनुशंसाओं के आधार पर पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई हैं

बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम से प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है

जबलप्र में हुई बारिश से जनजीवन अस्त वस्त हो गया शहर में सड़कों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नदी नाले उफान पर होने के कारण जबलप्र और नरसिंहपुर मार्ग बंद हो गया है मौसम केन्द्र के अनुसार अभी दो दिन ऐसे ही बारिश होने की संभावना है कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है

सभी मास्टर ट्रेनर्स मशीनों की प्रकिया के बारे में प्रशिक्षण दिया